इससे मध्यप्रदेश और गुजरात में औद्योगिक विकास तेज होगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे

यह मध्यप्रदेश और गुजरात में आर्थिक गतिविधियों के विकास और रोजगार के संदर्भ में मील का पत्थर साबित होगा चंबल प्राग्रेस वे प्रदेश के उत्तरी अंचल में विकसित होने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेई चंबल प्रोग्रेस वे होगा इसके अलावा भोपाल में एक भव्य और दिव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में की

इस दिन प्रतिवर्ष सुशासन से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर उन्हें आदरांजलि दी जाएगी इस अवसर पर स्वर्गीय वाजपेयी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर कावरे सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनभावना का सम्मान किया है

गंदगी छोड़ों अभियान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कल प्रदेशव्यापी गंदगी भारत छोड़ो मध्यप्रदेश अभियान का शुभारंभ किया कल सागर से इस अभियान की शुरूआत करते हए उन्होंने कहा कि साफ सफाई हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है

श्री सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य और समुदधि के लिये स्वच्छता आवश्यक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दिशा में देश और प्रदेश को गंदगी मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किया है

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

डॉ मिश्र ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है लोगों को इन योजनाओं का आगे बढ़कर लाभ लेना चाहिए उन्होंने कल दतिया जिले के कटीली नुनवाहा कुम्हेड़ी और रिछारी ग्राम में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ किया

आईसीसी धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पूर्व भारतीय किकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार अंतरराष्ट्रीय केरियर के लिए बधाई दी है आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु सॉहनी ने कहा कि एमएस धोनी क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं उन्होंने एक प्ररी पीढ़ी को प्रेरित किया है और उनकी कमी को बहत ज्यादा याद किया जाएगा मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रूक रूकर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज सिवनी मंडला बालाघाट अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश जबकि दमोह जबलपुर छिंदवाड़ा राजगढ़ गुना हरदा बैतुल देवास खंडवा और सीहोर में कहीं कहीं तेज बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है इंदौर जिले में कल देर रात बारिश होती रही मौसम विभाग ने यहां अगले दो दिनों तक तेज बारिष की संभावना जताई है